इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और फांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों ने किया इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत और विश्व के कई देश सौर ऊर्जा में कांति चाहते है भारत सौर तकनीक की उपलब्यता के अंतर को पाटने के लिये सौर तकनीक मिशन शुरू करेगा भारत इस मिशन के माध्यम से शोध और विकास के कार्य को बढ़ावा देगा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच माल की आवाजाही के लिए इलैक्ट्रॉनिक बिल यानी ई बिल की व्यवस्था पहली अप्रैल से लागू कर दी जाएगी

कार्य योजना के अनुसार इन क्षेत्रों के लिये पूंजी उपलब्ध कराने के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और प्रकिया को सरल बनाया गया है रक्षा खाद्य प्रसंस्करण दूरसंचार कृषि फार्मा रेलवे बीमा और पेंशन जैसे प्रमुख क्षेत्रों को एफडीआई के लिये खोल दिया गया है

पोलियो की खूराक पिलाने के लिये स्कूलों में बूथ स्थापित किये गये हैं इसके साथ ही रेल्वे स्टेशन और बस स्टेण्ड पर भी पोलियो की खुराक पिलायी जा रही है

इस बार हर आंगनबाड़ी केन्द्र पर भी पल्स पोलियो की दवा पिलाने का नवाचार किया जा रहा है

आज दवा लेने से वंचित रहे बच्चों को सोमवार और मंगलवार को घर घर जाकर दवा पिलायी जायेगी

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि कोटा सम्भाग के किसान कल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे

डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में पुलिस ने शराब का अवैध परिवहन कर रहे ट्रक को जब्त कर एक युवक को गिरफ्तार किया है

यह शराब अहमदाबाद ले जाई जा रही थी

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत की अध्यक्षता में कल जोधपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई उन्होंने केन्द्र की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की श्री शेखावत ने कहा कि जेडीए क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों को भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन में देरी नहीं की जाए स्वच्छ भारत मिशनग्रामीण में बनाए गए सामुदायिक टॉयलेट बनाने की प्रक्रिया और उपयोगिता के बारे में जानकारी दी जाये इस अवसर पर केन्द्रीय विधि और न्याय राज्यमंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि खनन क्षेत्र में बनने वाली सड़कों के डिजाइन भारी वाहनों के अनुसार तैयार किये जाये उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इसके व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए जयपुर में आज सुबह रन फॉर एक्सेसिबल इलेक्शन दौड़ का आयोजन किया गया इस दौड़ में स्वीप गतिविधियों के तहत लोगों में मतदान के महत्व और मतदान प्रक्रिया के प्रति जागरूकता पैदा की गई दौड़ में स्वास्थ्य के प्रति सजगता और क्लीन जयपुर ग्रीन जयपुर का संदेश दिया गया गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले मे चल रहे सबल अभियान के तहत मतदाता सूचियों में नाम जुड़वाने से वंचित रहे युवा और दिव्यांगजनों का नाम जोड़ने का काम चल रहा है इसी सिलसिले में यह दौड़ आयोजित की गई